केन्द्र ने प्रदेश सहित चार राज्यों में टिड्डी रोकथाम अभियान किया तेज

वहीं जोधपुर और उदयपुर से जम्मू कश्मीर के प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज की बसों से उनके गृह राज्य भेजा गया

अब व्यापार में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा श्री मिश्र ने कल जयपुर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिये व्यापारियों से संवाद किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आर्थिक पैकेज में व्यापार को बढाने के लिए बहत सुविधाएं दी है उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की शिशु किशोर और तरूण योजना में व्यापारी आसानी से ऋण ले सकते हैं उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयु सीमा देरी से आवेदन करने प्रशासनिक विभाग में पद खाली नहीं होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति चाहने सहित अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों में मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए आवेदकों के लिए नियुक्ति की राह आसान की है

कल प्रदेश के बाडमेर जोधपुर नागौर बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ सीकर जिलों में टिड़ियों के बच्चों के झुन्ड सक्रिय दिखे इस समय प्रभावित राज्यों में जिला प्रशासन और कृषि निगरानी इकाइयों ने दो सौ क्षेत्रीय टिड्डी निरोधक कार्यालय खोले हैं इन कार्यालयों में तालमेल के साथ सर्वेक्षण और नियंत्रण अभियान भी चल रहा है इस तरह राज्य कृषि विभागों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल से टिड्डी नियंत्रण अभियान जारों पर है

श्री भाटी ने कल बीकानेर में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ टिड़डी प्रभावित क्षेत्र और इनके नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि किसानों को टिड्डी नियंत्रण के लिए जागरूक किया जाए और इसकी रोकथाम के लिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए कृषि पर्यवेक्षक पटवारी और कृषि अधिकारी अपने सूचना तंत्र को सकिय रखे

इस अवसर पर टोंक के कई गांवों में सेनेट्री पेड का वितरण किया जा रहा हैं

बूंदी में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया लू के कारण लोग घरों में बंद है